राष्ट्रपित राम नाथ कोविंद ने कहा है कि सामाजिक संगठन लोगों केा समझाएं कि समारोह या त्यौहरा मनाते समय ये ध्यान रखे कि पर्यावरण पर कोई प्रतिकृल प्रभाव न हो और शांति व सदभाव बना रहे नई दिल्ली में आज चार दिवसीय विश्व आर्य महा सम्मेलन का उदघाटन करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि इन त्यौहारों क दिनों में शहरों में प्रद्षण के कारण श्वास सम्बधी दिक्कते बढ़ जाती है जो विशेष तौर पर बचचों व बुज़र्गो को अधिक प्रभावित करती है राष्ट्रपति ने नैतिकता पर आधारित आध्निक शिक्षा और समाज के सभी तबकों की बेहतरी के लिए आर्यसमाज के योगदान की भी सहाहना की केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने कहा है कि एन डी ए सरकार ने गत चार वर्षो में नई योजना के जरिये शिक्षण संस्थानों में शोध को बढ़ावा दिया है उन्होंने कहा िक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक मजबूत शोध परितंत्र के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि सरकार ने विदयार्थियों अध्यापकों और शिक्षण संस्थानों के संकायों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया है केन्द्र ने कार्यस्थल पर महिलाओ के यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए मौजूदा विधि सम्मत और संस्थागत ढांचे की जांच के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है इस मंत्री समूह की अध्यक्षता ग़हमंत्री राज नाथ सिंह करेंगे तीन अन्य मंत्री नितिन गडकरी नितिन गडकरी और मेनका गांधी इस समूह के सदस्य होंगे ये सूह तीन महीने के अंदर महिलाओं की स्रक्षा के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा व अन्य अपेक्षित उपायों की सिफारिश करेगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक इलैक्ट्रोनिक शिकायत बाक्स की भी श्रूआत की जिसके जरिये महिलांए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठा पायेंगी रक्षा राज्य मंत्री स्भाष भावरे ने कहा कि राफेल देश की स्रक्षा के लिए अहम है और इसमे किसी तरह की हेराफेरी का कोई प्रश्न ही नहीं है आज अम्बाला छावनी में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हए उन्होंने कहा कि राफेल डील पर देश की रक्षा मंत्री सब क्छ स्पष्ट कर च्की है परन्त् आज स्थिति ये है कि कांग्रेस उसकी गहराई मे नहीं जाना चाहती वो केवल इस मुद्दे को जिंदा रखकर सियासत करना चाह रही है उन्होंने कहा कि राफेल को लेकर जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बह्त सोच समझ कर रखा गया है हरियाणा के शिक्षामंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि पिछले चार वर्षो में हरियाणा की शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हआ है

श्री शर्मा ने कहा कि पहले सरकारों के कार्यकाल में अध्यापकों को अपने स्थानांतरण की अधिक चिंता रही थी जिसके कारण वे बच्चों की पढ़ाई पर ठीक ढंग से ध्यान नहीं दे पाते थे वर्तमान सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को चिंतामुक्त करते हए उनके स्थानांतरण नीति बनाई जिसके तहत एक क्लिक में साठ हजार से अधिक अध्यापकों को एक साथ स्थानातंरण हो गया खास बात ये रही कि सभी अध्यापकों को उनकी पसंद के अन्ार स्टेशन दिए जायेंगे

अहम पहलू यह है कि इन सभी स्कुलों को अव्वल श्रेणी के स्कुल बनाने का लक्ष्य भी तय किया हआ है

हरियाणा प्रदेश की य्वा पीढ़ी को अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर अच्छे नागरिक बनाने का दायित्व के प्लिस विभाग द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है

अतिरिक्त प्लिस महानिदेश्क अनिल क्मार राव ने कहा कि प्लिस कर्मी अपने दायित्व की प्रकृति और प्राप्त लक्ष्य के कारण तनावपूर्ण परिस्थितियों से एक अलग रूप से निपटने की क्षमता रखता है प्लिस कर्मियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रकाश डालते हए उन्होंने कहा कि सरल एवं आसान तकनीक के माध्यम से उन्हें तनाव व क्रोध आदि का सामना करना चाहिए रोहतक विश्वविद्यालय की मनोवैज्ञानिक प्रो शालिनी सिंह आर्ट आफ लिविंग के श्री श्री रवि शंकर के साथ रहने वाले विशेषज्ञ राजीव बत्रा तथा अन्य माहिरों ने स्रक्षा कर्मियों का सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर और विश्वास के साथ सौंपा कार्य करने पर ध्यान देने को कहा रोडवेज़ तालमेल कमेटी ने अपनी हड़ताल चार दिन ओर बढ़ा दी है

प्रदेश सरकार और रोडवेज कर्मियों के बीच वातार सफल नहीं हो पाई

रोडवेज़ कर्मचारियों का कहना है कि ये जनेसेवा का विभाग है लेकिन सरकार अपने चहेतों को लाभ पहंचाना चाहती है हरियाणा रोडवेज़ कर्मचारी संघ के प्रधान एवं तालमेल कमेटी के नेता वीरेन्द्र सिंह धनखड़ ने बताया कि सरकार की हठधर्मी के चलते चार दिन और हड़ताल बढ़ा दी गई है उधर जगाधरी में सैकड़ो की संख्या मे रोडवेज़ कर्मचारियों ने विधानसभा स्पीकर कंवरपाल ग्र्जर के निवास पर प्रदर्शन किया स्पीकर के बाहर होने पर तहसीलदार जगाधरी ने मौके पर जाकर इनसे ज्ञापन लिया आज भी जिले में रोडवेज़ निजी व स्कूलों की सैकड़ो बसें चली हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले चार वर्षो में वर्तमान सरकार ने सरकारी कार्यालयों में सूचना प्रोद्यौगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कर राजकाज करने के तौर तरीकों को बदलकर काफी हदतक भ्रष्टाचार पर अंकृश लगा है इसके फलस्वरूप प्रदेश के विकास की दिशा व स्वरूप बदला है